इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरु किया था इस अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने मीडिया के दुरूपयोग पर चिंता जताई उन्होंने कहा कि समाचारों को सनसनी खेज बनाना समाचारों की पक्षपात पूर्ण कवरेज और पेड न्यूज आज मीडिया के सामने बड़ी चुनौती है उपराष्ट्रपति ने पत्रकारों से गैर संचारी बीमारियों के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आने का आहवान किया इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कुशलतापूर्वक निपटने की ज़रूरत है अन्राग ठाक्र केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि मौजूदा दौर में खेलों के माध्यम से एक उच्च मुकाम हासिल किया जा सकता है धर्मशाला के इनडोर स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित सब जूनियर नेशनल व इंटर स्टेट टेबल टेनिस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाक्र ने कहा कि टेबल टेनिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है उन्होंने खिलाड़ियों को खेल की भावना के साथ अच्छे खेल का प्रदर्शन करने का आहवान किया अनुराग ठाकर ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए खेलों से निरंतर जुड़े रहने की सलाह दी

उन्होंने टेबल टेनिस की आवासीय अकादमी खोलने के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाने का सांसद किशन कपूर और विधायक विशाल नेहरिया से आग्रह किया

इस अवसर पर सांसद किशन कपूर और विधायक विशाल नैहरिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला में प्रदेश खेल व नशा निवारण संगठन द्वारा आयोजित राज्यपाल एकादश और प्रैस एकादश के मध्य टी ट्वैंटी क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से न केवल व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है बल्कि भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा मिलता है राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से फिट इंडिया अभियान भी शुरू किया है बंडारू दत्तात्रेय ने खुशी जताई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के लोगों को स्वस्थ रखने के उददेश्य से फिट हिमाचल ड्रग फ्री हिमाचल का संदेश दिया है नशा निवारण संगठन के अध्यक्ष बलदेव तोमर ने बताया कि ये क्रिकेट मैच संगठन द्वारा नशे के विरूद्व चलाए जा रहे अभियान का ही हिस्सा है राज्यपाल एकादश और प्रैस एकादश में खेले गए पहले मैच में प्रैस एकादश की टीम विजयी रही जबकि दूसरे मैच में मुख्यमंत्री एकादश की टीम ने चेयरमैन एकादश को हराया प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल मुख्यमंत्री एकादश और प्रैस एकादश के बीच खेला जाएगा विपिन परमार राज्य सरकार की हिम केयर योजना के तहत अगले साल जनवरी महीने से नए कार्ड बनाए जाएंगे

विपिन परमार ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है

उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया है

राज्य कृषि उपज व विपणन समिति के सलाहाकार रमेश शर्मा ने प्रदर्शनी में लगाए गए चित्रों को देखा और मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा उन्होंने कहा कि श्री गुरू नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और अपना सारा जीवन समाज की भलाई में लगा दिया था ब्यूरो आउट रीच व कम्युनिकेशन के सहायक निदेशक रितेश कपूर ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान श्री गुरू नानक देव जी के जीवन और उदासियों पर आधारित प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं

कांग्रेस नियुक्ति राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार के पौत्र आनंद परमार को हिमाचल किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है